रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुरैना में सैनिक स्कूल शुरू करने की घोषणा की

भोपाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आज से शुरू विधानसभा बजट सत्र मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान प्रदेश सरकार के कार्यो और योजनाओं का विधानसभा में ब्यौरा दिया राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास पर कार्य कर रही है श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है

नर्मदा के जल को द्रस्थ अंचल तक ले जाने के लिए नवाचार किए गए राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश में सड़कों के नेटवर्क को सुधारने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं

इससे सैकड़ों बस्तियों को संपर्क सुविधा मिली है किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है

साथ ही भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किसानों के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने कृ तज्ञता ज्ञापन पेश किया और विधायक कैलाश जाटव ने उसका समर्थन किया विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा ने प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी राज्यपाल के भाषण के खत्म होते ही कांग्रेस सदस्यों ने हाथ मे पोस्टर लेकर नारेबाजी की

जीतू पटवारी कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में इंदौर के बीजलपुर से शुरू हुई किसान अधिकार साइकिल यात्रा आज प्रदेश विधानसभा पहुंची विधानसभा के गेट के पास यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पीरगेट पर यात्रा की आगवानी की कर्ज माफी और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किसान अधिकार साइकिल यात्रा का आयोजन किया था रक्षामंत्री मुरैना रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुरैना में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया

साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान विभाग मुरैना में लगातार काम करता रहेगा सेनाभर्ती के मुद्दे पर रक्षामंत्री ने कहा कि यहां के लोगा कानून व्यवस्था को दुरूस्त रखेंगे तो सेना में भर्तिया होती रहेंगी कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय पंचायत मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्यशासन के कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास और जनकल्याण कार्यो में अग्रणी राज्य है श्री चौहान आज विधानसभा परिसर में कर्नाटक राज्य के पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में पॉलिटिक्स ऑफ परफार्मरमेंस का नया चलन प्रारंभ हुआ है इसमें विकास करने वालों को ही सफलता मिलेगी

मतगणना कोलारस में होगी मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं बड़ी संख्या में बल तैनात रहेगा मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा तथा माइक्रो आब्जर्वर की उपस्थिति में मतगणना संपन्न होगी गोपाल भार्गव मध्यप्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के हाथों के बने सैनिटरी पैड्स अब देश के कई महानगरों के मॉल्स में मिलेंगे प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि आजीविका महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा बनाए गए सैनिटरी पैड्स को कई बड़े शहरों के मॉल्स में नाम मात्र के मूल्य पर बेचे जाने की योजना पर काम किया जा रहा है इनकी गुणवत्ता की भी निगरानी हो रही है ताकि महिलाओं के उत्पादों को उचित मंच मिल सके

इन्हें सैनिटरी पैड बनाने का काम दिया गया कपड़ा मिल आग भोपाल के चांदबड़ स्थित कपड़ा मिल अग्निकांड के बाद आज कपड़ा मंत्रालय के संयुक्त सचिव मधुकुमार रेड्डी प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से मिलने उनके निवास पर पहुंचे श्री सारंग ने कपड़ा मिल में आग के संबंध में केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से दूरभाष से बातचीत की थी इसके बाद श्री रेड्डी आज उनसे मिलने पहुंचे श्री सारंग ने श्री रेड्डी से कपड़ा मिल को जल्द से जल्द दोबारा चालू करने और वहां काम करने वालों को रोजगार सुनिश्चित करने सहित अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की उन्होंने कपड़ा मिल में लगी आग के कारणों की जांच कराने के लिए भी कहा है चांदबड़ स्थित कपड़ा मिल में शनिवार रविवार की दरमियानी रात आग लगने से काफी नुकसान हुआ है यहां मशीनों के साथ कच्चा और तैयार माल भी आग में जल गया है संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आज से भोपाल में शुरू हो गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन आज मणिपुर का पुंगचोलम लोकनृत्य की प्रस्तुति होगी साथ ही गुंदेचाबंध् और संजीव झा तथा मनीष कुमार द्वारा ध्रप्रद की प्रस्तुति दी जायेगी

साथ ही कथक की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी चन्द्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की अलीराजपुर जिले में स्थित जन्मस्थली भाभरा में कल उनके शहादत दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जोबट विधायक माधौसिंह डाबर ने आज बताया कि भाभरा में शहीद चंद्रशेखर आजाद के कार्यों का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी इसके पहले क्षेत्रीय आदिवासी एक रैली निकालेंगे यह रैली भाभरा में आजाद की कुटिया पर संपन्न होगी

नगरपालिका परिषद ने बैराज बनाने का फैसला किया है

झाबुआ जिले में भगोरिया पर्व के तहत आज भी कई कार्यक्रम किये गये भगोरिया उत्सव स्थल पर जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई राज्य सभा सांसद विवेक तनखा ने आज जबलप्र में पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में आर्थिक नेतृत्व की कमी का अभाव है जिसके चलते राज्य में विकास की गति धीमी है